कृषि रोडमैप के तहत अगले पांच वर्षों में लगाये जायेंगे साढ़े चौदह करोड़ पौधे

कल कई इलाकों में आंधी पानी की संभावना वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जी एस टी के लागू किए जाने से आर्थिक व्यवस्था बहुत नियमित हो गई है एक ट्विट में श्री जेटली ने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार सोलह सत्रह की तुलना में दो हजार सत्रह अठारह में एक करोड़ से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न भरे हैं श्री जेटली ने कहा कि इस ऐतिहासिक राजस्व वसूली से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जवाबदेह सूशासन का पता चलता है चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समापन के मौके पर चलाये जा रहे सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान में विभिन्न राज्यों से आये स्वच्छाग्रही भी खुले में शौच से मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके महत्व से अवगत करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दस अप्रैल को मोतिहारी में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे इस बीच विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता पेंटिंग प्रतियोगिता खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूकता के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं सरकारी स्तर पर भी बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है इस दौरान घर घर प्रतिष्ठा घर बनाने के संदेश का प्रचार प्रसार किया जा रहा है पटना जिले में इस अभियान के तहत विभिन्न राज्यों से पहुंचे स्वच्छाग्रही यानि स्वच्छा प्रेरक दानापुर बिहटा खुशरूपुर बख्तियारपुर आदि प्रखण्डों में जाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम मे विभिन्न राज्यों से आये करीब छह सौ स्वच्छाग्रही शामिल हुये जिलाधिकारी धर्मेद्र सिंह ने बताया कि जिले में आगामी दस अप्रैल तक बावन हजार शौचालय बना लेने का लक्ष्य निर्धारित है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के दौरान पिछले पांच साल में सर्वाधिक सड़कें बनी हैं नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर दिन चालीस किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुणवत्ता के साथ काम की गति बढायी जा रही है श्री गडकरी ने दावा किया कि अब तक सत्ताईस किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रति दिन किया जा रहा है और चालीस किलोमीटर निर्माण का लक्ष्य इसी साल हासिल कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण लेन के मानक को अगले साल से अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा राज्य सरकार सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस प्रयास किये जा रहे हैं पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने विधानसभा में सतत विकास पर हुई विशेष चर्चा के बाद जवाब देते हुए कहा कि सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मजबूती से कदम उठाये जा रहे हैं चर्चा की शुरूआत में विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने में विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है सतत विकास को लेकर विधान सभा में पहली बार हुई विशेष चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने अपनी राय रखी राजधानी पटना को अतिक्रमण और जाम से मुक्ति दिलाने के लिये सरकार ने कार्य योजना तैयार की है इसके तहत अतिक्रमण हटाने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुयी उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध कब्जा हटाने के लिये पटना नगर निगम को स्थायी पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा इसके साथ ही अतिक्रमण रोकने में विफल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की शुरूआत करेंगे शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से बिहार स्ट्रेडेंट क्रोडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये ऋण दिया जायेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस साल जुलाई अगस्त में किसी एक दिन सघन अभियान चलाकर प्रे प्रदेश में एक करोड़ पौधे लगाये जायेंगे पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप के तहत अगले पांच वर्षो में बिहार में साढ़े चौदह करोड़ पौधे लगाये जायेंगे श्री मोदी ने कहा कि कृषि वानिकी नीति बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है उन्होंने कहा कि कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर न केवल हरित आवरण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जायेगा बल्कि किसानों की आमदनी भी दुगुनी की जायेगी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पूर्वा हवा की कमजोर पड़ रही रफ्तार से तापमान बढ़ रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान पैंतीस से छत्तीस डिग्री सेल्सियस रहने के कारण लोकल थंडर स्टॉर्म विकसित होने की संभावना है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो सकती है इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण सात अप्रैल के आसपास जोरदार बारिश की आशंका व्यक्त की गयी है राज्य में आगामी सोलह अप्रैल से एक सौ चार और अंचलों में ऑनलाईन दाखिल खारिज सेवा शुरू की जायेगी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि पिछले दिसंबर से पैंतालीस अंचलों में ऑनलाईन दाखिल खारिज सेवा की शुरूआत की जा चुकी है उन्होंने कहा कि अब कुल मिलाकर एक सौ छियासी अंचलों में ऑनलाईन दाखिल खारिज की सेवा शुरू हो जायेगी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शैक्षणिक रैंकिंग में बेंगलुरू स्थित आईआईएससी को समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ चुना गया है जबकि इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईआईटी पटना को चौबीसवां स्थान हासिल हुआ है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल नई दिल्ली में शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की सूची जारी की थी यूआईडीएआइ ने आधार के वर्चुअल आईडी के बीटा वर्जन का प्रयोगिक स्तर पर प्रयोग शुरू कर दिया है अगले एक जून से किसी भी तरह का सेवा प्रदाता आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी को स्वीकार करना शुरू कर देंगे नई व्यवस्था में आधार संख्या के धारक को अपनी एक वर्च्रअल आईडी बनानी होगी इससे आधार संख्या का खुलासा दूसरे व्यक्ति या सेवा प्रदाता को नहीं होगा बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगे किशनगंज जिले के पौआखाली थाना क्षेत्र से सशस्त्र सीमा बल ने एक करोड़ तीस लाख रुपये के मादक पदार्थ जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया एसएसबी बारहवीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट कुमार सुंदरम ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है पश्चिम चम्पारण जिले की पुलिस ने अलग अलग स्थानों से दो अपराधियों को गिरफ्तार कर चरस और पिस्तौल बरामद किया मोकामा के सीआरपीएफ सेंटर में चल रही अंतर सेक्टर खेल कूद प्रतियोगिता के बॉलीबॉल मुकाबले में झारखण्ड ने ओडिशा को हरा दिया जकार्ता में होने वाले अठारहवें एशियन गेम्स में भाग लेने वाली भारतीय पेंचक सिलाट टीम के लिये शिविर में बिहार के तीन खिलाड़ियों का चयन किया गया है शेखपुरा की श्वेतामृत प्रीतम पटना की निकिता सिन्हा और भोला कुमार थापा का चयन किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने एसटी एससी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है इसके साथ ही अखबारों ने इससे जुड़े कई तथ्य भी दिये हैं हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने किया अपना फैसला बदलने से इंकार दैनिक जागरण ने अपनी विशेष खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अतिक्रमण मुक्त पटना के लिये राज्य सरकार का हल्ला बोल प्रभात खबर की सुर्खी है इराक में मारे गये सीवान के पांच लोगों का हुआ अंतिम संस्कार दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाया है हाजीपुर में हवलदार की हत्या कैदी को छुड़ा ले गया अपराधी

कृषि रोडमैप के तहत अगले पांच वर्षों में लगाये जायेंगे साढ़े चौदह करोड़ पौधे

कल कई इलाकों में आंधी पानी की संभावना